मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छबड़ा सुपर किटिकल थर्मल पावर स्टेशन की पांचवी और छठी इकाई का लोकार्पण किया

उन्होंने लोगों से जल की एक एक बूंद बचाने का आग्रह किया केंद्र में दोबारा सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित किया उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के तरीकों का प्रचार प्रसार होना चाहिए प्रधानमंत्री ने लोगों से यह अनुरोध भी किया कि वे जल संरक्षण के उन पारम्परिक तरीकों को साझा करें जो सदियों से उपयोग में लाए जाते रहे हैं नरेन्द्र मोदी ने लोगों से अनुरोध किया कि वे ऐसे लोगों स्वंयसेवी संस्थाओं और अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी दें जो जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पानी से संबंधित सभी विषयों पर तेजी से निर्णय लेने के लिए नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है

उन्होंने कहा कि योग ने व्यापक रूप ले लिया है और विश्वभर में योग दिवस को सामूहिक रूप से मनाया जा रहा है

लोकतंत्र के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए संविधान आवश्यक है

यह संख्या अमरीका की पूरी आबादी यहां तक कि यूरोप की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है स्वागत समारोहों में लोगों से फूलों के गुलदस्ते के बजाय पुस्तके देने का अनुरोध करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध हिन्दी लेखक प्रेमचन्द की कहानियों का उल्लेख किया उन्होंने कहा कि इन कहानियों के संदेश सभी के लिए प्रासंगिक हैं प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम फिर शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि परिवार जैसे वातावरण में यह सीधा सादा कार्यक्रम जीवन और समाज में बदलाव का जरिया है

अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती विभाग राजेश्वर सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत वर्षा जल संचयन जल संरक्षण परम्परागत और अन्य जलाशयों का जीर्णोद्वार और सघन वृक्षारोपण के कार्य बड़े पैमाने पर किए जाएंगे श्री सिंह ने बताया कि जल शक्ति अभियान के तहत कल प्रदेश के सभी जिलों में तैयारी बैठक आयोजित की जाएगी

आज पुलिस मुख्यालय में उन्होंने निवर्तमान पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग से कार्यभार ग्रहण किया इस अवसर पर उन्होंने पुलिस महकमें के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी अधिकारियों से सहयोग की अपील की

घटना के बाद लोगों ने पानी में कृदकर ट्रेक्टर को सीधा कर चारों शवों को बाहर निकाला उधर झालावाड में छोटी कालीसिंध नदी में रेती की खदान ढहने से मिटटी में दबकर दो मजदूरों की मौत हो गई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये हादसा गंगरार क्षेत्र के आकिया परमार में हुआ

वे आज जयपुर में हज हाउस में आयोजित प्रशिक्षण और टीकारण शिविर में बोल रहे थे

बांसवाडा जिले में कई स्थानों पर तेज अंधड के साथ हुई बारिश से पेड धाराशाही हो गये और निचले इलाको में पानी भर गया

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में अगले दो दिनों कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएँ चलने की संभावना है वहीं कोटा सिरोही बांसवाडा बारां सहित क्छ जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है

बर्मिघंम में खेले जा रहे आज के मैच में इग्लैण्ड टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है

यदि भारत जीत जाता है तो सेमी फाईनल में पहुंच जायेगा